उन्होंने कल दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि सरकारें कर प्रणाली में परिवर्तन से हिचकिचाती रहीं हैं लेकिन वर्तमान सरकार ने कर प्रणाली को जन आधारित बनाने का बीड़ा उठाया है उन्होंने लोगों से ईमानदारी से कर देने की अपील करते हुए विश्वास दिलाया कि कर संबंधी परेशानियां अब बीते दिनों की बात हो जायेंगी श्री मोदी ने कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब आर्थिक विकास को गति देने के लिए छोटे शहरों पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कल भोपाल में हुई एक बैठक में पर्यटन स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार की योजना बनाने के निर्देश भी दिये गये हैं बैठक में पर्यटन मंत्री सुरेन्द्र सिंह बघेल ने पर्यटन संबर्द्वन परिषद में समन्वय के लिए दो समन्वयकों की नियुक्ति का सुझाव भी दिया है

इनमें तीन की हालत गंभीर है रेल प्रशासन ने इस हादसे की जांच के आदेश दिये हैं पांच घायलों को हमीदिया और चार को रेलवे अस्पताल में भर्ती किया गया है और एहतियात के तौर पर ब्रिज को बंद कर दिया गया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है उन्होंने घायलों को समुचित सहायता के निर्देश भी दिये हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन खान पान पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं

यह दिवस रेडियो के महत्व के बारे में आम जनता और समाचार माध्यमों में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिये सूचना उपलब्ध कराने के लिए नीति निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और विविधता नये एफएम चैनल क्षेत्रीय समाचार एकांशों की बैठक आज नई दिल्ली में हो रही है आकाशवाणी की प्रमुख महानिदेशक ईरा जोशी ने इसका शुभारंभ करते हुए बताया कि आकाशवाणी चार नये एफएम न्यूज चैनल दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता से शुरू कर रहा है आकाशवाणी समाचारों को बेहतर बनाने के लिए हो रही इस बैठक में देश भर के साथ ही विदेशों में स्थित समाचार एकांशों के अधिकारी भाग ले रहे हैं